पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जंयती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थापित होगी स्वर्गीय वाजपेयी की प्रतिमा शिमला ज़िले में ठियोग के समीप एक पर्यटक वाहन खाई में गिरने से चार युवकों की मौत धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का पर्व और तुलसी पूजन दिवस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

उन्होंने कहा कि रोहतांग सुरंग का नाम स्वर्गीय वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा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 मुख्यमंत्री ने इस मौके वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए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 वाजपेयी जन्मदिन हमीरपुर जिले में भोरंज क्षेत्र के भुक्कड़ गांव में भी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया

धूमल ने स्वर्गीय वाजपेयी द्वारा हिमाचल के विकास में दिए गए योगदान को याद किया विधायक कमलेश कुमारी भी इस मौके भी मौजूद रही

हमारे धर्मशाला प्रतिनिधि के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस रैली को लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज बता रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रैली को सम्बोधित करेंगे और उनका केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करने का भी कार्यक्रम है सुक्ख इस बीच कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली को फिजूलखर्ची बताया है कांग्रेस अध्यक्ष ठाक्र सुखविंदर सिंह ने शिमला से जारी एक बयान में आरोप लगाया कि एक वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नही की है जिस पर जश्न मनाया जाए उन्होंने भाजपा पर पूर्व सरकार के समय शुरू किए गए विकास कार्यों का श्रेय लेने का आरोप भी लगाया रणधीर शर्मा भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नही है और चार्जशीट के माध्यम से वे मात्र औपचारिकता निभा रहे हैं उन्होंने राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को शानदार बताते हुए कहा कि इस अवधि में प्रदेश से भ्रष्टाचार और माफिया राज का खात्मा हआ है

मेनका गांधी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व उत्थान केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है और पिछले साढे चार वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं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 घायलों को आईजी एमसी शिमला में भर्ती कराया गया है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

क्रिसमस आज क्रिसमस है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 चर्च के पादरी सोहन लाल ने बताया कि प्रभु ईसा मसीह ने दुनिया को शांति व प्रेम और पीड़ित मानवता की सेवा का संदेश दिया शिमला के गेयटी थियेटर में विश्व सेवा कल्याण संस्था द्वारा क्रिसमस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रभ् यीशु शांति सम्भाव और प्रेम के प्रतीक थे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

रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा पैदल पार करने वालों की सुविधा के लिए कोकसर व मढ़ी में स्थापित बचाव चौकियों को आज से हटा दिया गया है केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने बताया कि सरकार द्वारा लाहौल घाटी के लिए हवाई सेवाए शुरू कर दी गई हैं ऐसे में लोगों को बर्फबारी को देखते हुए रोहतांग दर्रा पैदल पार नही करना चाहिए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि मेधावी विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए सरकार ने नई मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की है जिसके तहत प्रदेश या प्रदेश से बाहर कोचिंग के लिए सहायता दी जाएगी

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि बच्चों को मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से योग विषय को पाढयक्रम में शामिल किया जाएगा सोलन जिले में कसौली क्षेत्र के प्राथा स्कूल में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं